विधेयक में रोजगार और पदोन्नति में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव समाप्त करने का प्रावधान सत्तरवें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में देश और प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने विधानमण्डल के संयुक्त सत्र में कहा हमारा संविधान लोकतंत्र की पृष्ठभूमि पर है आधारित जहां सभी को प्राप्त हैं समान अवसर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने का लिया निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ने पिछले पांच वर्षो में बदलाव का दौर देखा है और यह आगे बढ़ रहा है कल शाम नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल के सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याओं का समाधान किया गया है उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पहले जनता और मीडिया में केवल भ्रष्टाचार पूर्वोत्तर में बन्द और आतंकवादी हमलों की चर्चा होती थी अनुछेद तीन सौ सत्तर को समाप्त किए जाने की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जानता है कि इस अनुछेद से कितना नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि इस अनुछ्छेद से देश को विमाजित करने वाले तत्वों को बढ़ावा मिला अयोध्या मुद्दे की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये मुद्दा लम्बे समय से चल रहा था और पहले की सरकारों ने इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि तीन तलाक का मुद्दा भी वोट बैंक की राजनीति के कारण लम्बे समय तक खींचा गया संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया है राज्यसभा ने कल ध्वनि मत से इसे मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विवेयक के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घर सहित अन्य जगहों पर रहने का अधिकार होगा उसके साथ ही नौकरी शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सेवा मनोरंजन स्थल और आम लोगों के लिये उपलब्ध अवसरों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि विधेयक का नियम बनाते समय विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक बातचीत की गयी थी चर्चा में बाईएसआर कांग्रेस के बुजेश साई रेड्डी डीएमके सदस्य तिरुचि सिवा तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन तेलंगाना राष्ट्र समिति के केशव राव तथा बहुजन समाज पार्टी के सतीश मिश्रा ने भाग लिया देशभर में कल संविधान दिवस मनाया गया इस अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के दो पहलू है और नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोचते समय कर्तव्यों का भी सोचना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने जो सम्मान और मूल्य अर्जित किया है उसके लिए समी देशवासी बधाई के पात्र हैं श्री कोविंद ने कहा कि केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों की मजबुती और आपसी तालमेल सहकारी संघवाद की दिशा में भारत की यात्रा में संविधान की गतिशीलता का उदाहरण है

भारतीय संविधान की शक्ति और समग्रता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है यही हमारे संविधान की खूबी भी है आज के इस अवसर पर बीते सात दशक में संक्विधान की भावना को अक्षण्य रखने वाली विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं नमन करता हूं

हमारे संविधान को हमेज्ञा एक पवित्र ग्रंथ माना गाइडिंग लाइक माना संविधान दिवस की सत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर कल प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया इसमें संविधान की प्रस्तावना और उसके बुनियादी कर्तव्यों पर चर्चा की गई दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हए राज्यपाल आनन्दीवेन पटेल ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए हटाए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में एक विधान एक निशान और एक संविधान का सपना साकार हुआ है अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि अगर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार नहीं होते तो लोगों को सम्मानजनक जीवन नहीं मिलता उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोकतंत्र की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहां सभी को समान अवसर प्राप्त है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यिन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान लचीला है जिसे जरूरत और लोगों के कल्याण के अनुसार संशोधित किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने भी कश्मीर में धारा तीन सौ सत्तर का विरोध किया था लेकिन उस समय किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया धारा तीन सौ सत्तर को कश्मीर से हटाने की हिम्मत किसी सरकार ने नहीं की लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस पर कार्रवाई की अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं

भारत का कानून जम्मू कश्मीर के अन्दर जिस रूप में लागू होगा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को और जम्मू कश्मीर के विकास के लिये जो कार्य योजना बनी है वह सचमुच जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग बनाने की उप परिकल्पना को साकार होने में अब देर नहीं लगेगी और प्रत्येक भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार विजलीकर्मियों की भविष्य निधि के निवेश में हुए घोटाले की भरपाई इसके दोषियों से करेगी उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों पर क्ठाराधात नहीं होने देगी जो भी इस घोटाले में लिप्त होगा उसकी सम्पति जब्त करके हर एक कर्मचारी की पाई पाई लौटायी जाएगी मुख्यमंत्री के भाषण के बाद विधानसभा ने राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पास कर दिया जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित कर दी गई संविधान दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो की झांसी इकाई द्वारा एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से बताया गया बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल कार्यालय में आयोजित समारोह में मण्डल रेल प्रबन्धक ने कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका की जानकारी दी मेरठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया औरैया जनपद में पुलिसकर्मियों को संविधान की रक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ दिलाई गई कौशाम्बी में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट में संविदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संगोष्ठी एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बिना किसी मेदभाव के राष्ट्रीय सेवा के कार्य से जुड़ने का संकल्प लिया मऊ में जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के किशारों को संविधान की शपथ दिलाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास की जानकारी दी क्शीनगर में सरकारी कार्यालयो में कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर्मचारियों एवं लोगों को संक्विान की प्रस्तावना का पाठन कराया बलरामपुर में जिलाधिकारी कार्यालय समेत विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों ने संक्षिान के मूल तत्वों को जीवन में अंगीकृत करने की शपथ ली सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा है कि बोर्ड अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा बोर्ड की कल हुई बैठक में आम सहमति से यह निर्णय लिया गया बोर्ड अयोध्या में कहीं और मस्जिद बनाने के लिये पांच एकड़ जमीन लेने या नहीं लेने पर अभी कोई निर्णय नहीं कर सका है बोर्ड की बैठक में कल आठ में से सात सदस्यों ने हिस्सा लिया इनमें से छः सदस्यों ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती न देने के प्रस्ताव का समर्थन किया